नवादा गया जमुई और औरंगाबाद में चौवालीस प्रत्याशी चुनावी मैदान में

लोकसभा चूनाव के पहले चरण में चार सीटों के लिये तीन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिये औरंगाबाद जमुई गया और नवादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अब चुनावी मैदान में कुल चौवालीस प्रत्याशी रह गये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि जमुई से दो और गया से एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में गया से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वहीं एनडीए ने जदयू के विजय कुमार मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है नवादा में एनडीए ने लोजपा प्रत्याशी चंदन कुमार सिंह को चूनावी मैदान में उतारा है जबकि महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी विभा देवी उम्मीदवार हैं विभा देवी दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिये गये नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं वहीं जमुई से लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान और महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के भूदेव चौधरी चुनावी मैदान में हैं औरंगाबाद से भाजपा ने निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है जबकि महागठबंधन के कोटे से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी उपेन्द्र प्रसाद चुनावी मैदान में हैं वहीं द्रसरे चरण की पांच सीटों के लिये कल नाम वापसी का अंतिम दिन है कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सत्य बहुमत पार्टी के मोहम्मद महबूब आलम ने नामांकन वापस ले लिया है प्रदेश में तेईस अप्रैल को लोकसभा की पांच सीटों के लिये होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिये अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन का कार्य श्ररू हो गया नामांकन भरने की आखिरी तारीख चार अप्रैल है पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और आठ अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकते हैं तीसरे चरण में झंझारपुर सुपौल अररिया मधेपुरा और खगड़िया संसदीय क्षेत्रों में चूनाव होना है नामांकन के पहले दिन पांचों लोकसभा क्षेत्रों में तेजी नहीं देखी गयी पहले दिन एकमात्र नामांकन निवर्तमान सांसद पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल किया महागठबंधन के घटक दलों के बीच संसदीय क्षेत्रों की पहचान को लेकर आज भी कोई फैसला नहीं हो सका हालांकि इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ गहन विचार विमर्श किया बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने बताया कि कुछ सीटों को लेकर राजद और कांग्रेस में मतभेद है कांग्रेस में शामिल कीर्ति झा आजाद किस सीट से लड़ेंगे इसके बारे में भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राजद के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करने के लिये प्रयास जारी है इधर राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि कल महागठबंधन की ओर से पटना में संवाददाता सम्मेलन के दौरान तीसरे से लेकर सातवें चरण तक के शेष प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जायेगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नारेबाजी न करके निर्णायक कार्य किए हैं आज मेरठ में लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का प्रचार अभियान शुरू करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में समाज में या देश के किसी भी कोने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस तक विकास का लाभ न पहुंचा हो श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य पर चलते हुए नये भारत के निर्माण के लिए काम किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस दिखाया है विपक्ष की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश के विकास के लिए काम किया है जबकि विपक्ष के पास विकास की कोई स्पष्ट नीति नहीं है स्वयं को चौकीदार बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और हर नागरिक के लिए बैंक खाता खोलने की पक्की व्यवस्था की है कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से साढ़े चौदह रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने के उद्देश्य से हर साल साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी वाली चीनी खरीदने की योजना खत्म कर दी हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी के मेरठ रैली में भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने गन्ना किसानों को मिलने वाली सारी राहत को बंद कर दिया बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन में महामिलावट है महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही खींचतान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों में काफी नाराजगी है और यही वजह है कि सीटों का फार्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है श्री यादव ने इससे पहले पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की और चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये भाजपा की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी और पार्षद अशोक अग्रवाल ने लोकसभा चूनाव के लिए कल तक अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की पार्टी की अपील नामंजूर कर दी है इस मूद्दे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और अशोक अग्रवाल के बीच कटिहार में हुई बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल सका टिकट नहीं मिलने पर अशोक अग्रवाल ने कटिहार से नामांकन दाखिल किया है वहीं भाजपा की प्रदेश उपाध्याक्ष पुतुल कुमारी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बांका निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरा है गौरतलब है कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल तक नाम वापस लेने का अंतिम दिन है राजद नेतृत्व से उम्मीदवारों के चयन को लेकर विवाद के बाद पार्टी विधायक और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल छात्र संगठन के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है खबरें आ रही हैं कि श्री यादव शिवहर और जहानाबाद से अपने पसंद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे थे जिसे स्वीकृति नहीं मिली गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्यारह अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की तीन कंपनियों को तैनात किया गया है चूनाव आयोग ने कहा है कि गया औरंगाबाद नवादा और जमुई में मतदान के दिन दो हेलीकाप्टरों के जरिये पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी अर्द्वसैनिक बलों को सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिये गये हैं पश्चिम चंपारण जिले में आज अलग अलग स्थानों से वाहन जांच के दौरान कुल चौदह लाख रुपये बरामद किये गये रुपये ले जा रहे वाहन चालकों से पूछताछ की जा रही है लोक सभा चुनाव में कालेधन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सघन छापेमारी और जांच अभियान चलाया जा रहा है सीतामढ़ी के समाहरणालय सभाकक्ष में आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच इंडो नेपाल बोर्डर डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेशन कमिटी की बैठक हुई बैठक में ये तय किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सीमा क्षेत्रों में मतदान के बहत्तर घंटे पूर्व दोनों देश की सीमा को सील कर दिया जाएगा इधर मुंगेर जिले में चुनाव के मद्देनजर हथियार तस्करों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में चार अपरारधियों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में गोलियां और कारतूस जब्त किये गये निगरानी जांच ब्यूरो ने गया के मोटरयान निरीक्षक एमवीआई सुजीत कुमार और उसके डाटा इंट्री ऑपरेटर को बारह हजार रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है आरोपी एक व्यक्ति को वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र देने के एवज में घूस ले रहा था छापेमारी के बाद एमवीआई के गया स्थित आवास पर तलाशी के क्रम में चौदह लाख पचास हजार रूपये की राशि भी बरामद की गयी है सीतामढ़ी जिले के रीगा मेजरगंज सड़क मार्ग पर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक निजी कंपनी के दो कर्मचारियों से पांच लाख रूपये नकद लूट लिये घायल कर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी के घर छापेमारी कर शराब तस्करी से अर्जित सात लाख रूपये बरामद किये हैं बेगूसराय पुलिस ने नौ लोगों की हत्या के आरोपी प्रिंस कुमार को उसके दो सहयोगियों के साथ समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय से गिरफ्तार कर लिया

नवादा गया जमुई और औरंगाबाद में चौवालीस प्रत्याशी चुनावी मैदान में